आज से गुरू हो रहा है तीन दिवसीय पराक्रम पर्व

शीर्ष न्यायालय ने विवाहेतर संबंघों को अपराध मानने संबंधी दंडव्यवस्था को किया समाप्त

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद पर दीवानी मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय नई पीठ उत्तीस अक्टूबर को करेगी मस्जिद इस्लाम का अमिन्न अंग है या नहीं के बारे में कल शीर्ष न्यायालय ने उन्नीस सौ चौरान्नबे के अपने फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्थीय संक्विान पीठ के पास मेजने से इंकार कर दिया यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दो एक के बहुमत से फैसले में कहा कि दीवानी वाद का फैसला सबूतों के आधार पर होना चाहिए पीठ ने कहा कि पिछले फैसले की यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपना और प्रघान न्यायधीश का निर्णय पढ़कर सुनाते हुए कहा कि न्यायालय को देखना होगा कि उन्नीस सौ चौरानबे में पांच सदस्यीय पीठ ने ये फैसला किस संदर्भ में दिया था न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने अन्य दो सदस्यों से असहमति व्यक्त की और अपने फैसले में कहा कि मस्जिद इस्लाम का अमिन्न अंग है या नहीं इस विषय पर फैसला धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं यह मुद्दा उस क्त उठा जब प्रघान न्यायादीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ अयोध्या मामले में वर्ष दो हजार दस के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याविकाओं पर सुनवाई कर रही थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर अपने फैसले में विवादित भूमि को संबंधित पक्षों में बराबर बराबर बांट दिया था

तो इसलिए जो बहत समय से इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या के विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उसके लिए जो बीच की बाघा थी वो दूर हो गई भारतीय सशस्त्र बलों के साहस शौर्य और बलिदान को प्रदर्शित करने के लिए आज से रविवार तक देश भर में तीन दिवसीय पराक्रम पर्व मनाया जाएगा मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर आयोजित किया जाएगा देश के इक्यावन शहरों में तिरपन स्थानों पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे जिनमें भारतीय सशस्त्र बलों के साथ साथ विशेष बलों के पराक्रम को विशेष रूप से दर्शाया जाएगा ख्वा मंत्री निर्मला सीतारमन आज इंडिया गेट के मैदान पर पराक्रम पर्व का उदघाटन करेंगी इस कार्यक्रम में सशस्त्र सेनाओं के साहस और पराक्रम को दर्शाने वाले चित्रों और फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा शनिवार और रविवार को सैनिक हथियारों और उपकरणों का भी प्रदर्शन करेंगे साथ ही लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियारों को भी देख पाएंगे इसके अलावा कार्यक्रम में जाने माने गायक सेना बैंड की घुनों पर गीत गाएंगे आम आदमी इस अक्सर पर इंडिया गेट और अन्य जगहों पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के तीनों अंगों के कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह नौ बजे जोघपुर पहुंचेंगे खामंत्री निर्मला सीतारामन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोमाल भी इसमें भाग लेंगे सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री जोधपुर सैन्य छावनी में पराक्रम पर्व नामक तीन दिक्सीय प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे श्री मोदी शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए कोणार्क कोर के युद्वस्मारक पर भी जाएंगे उच्चतम न्यायालय ने विवाहेतर यौन संबंधों को अपराध मानने संबंधी दंडव्यवस्था समाप्त कर दी है प्रघान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने व्यवस्था दी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा चार सौ सन्तानवे गैर संवैधानिक और मनमानी है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विवाहेतर यौन संबंध सामाजिक दृष्टि से गलत है और तलाक का आधार हो सकते हैं लेकिन यह दंडनीय अपराघ की श्रेणी में नहीं आते न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा ने कहा कि धारा चार सौ सन्तानबे संविधान के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रवूड़ ने कहा कि धारा चौ सौ सन्तानबे से महिलाओं की यौन स्वतंत्रता का हनन होता है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने इस बारे में बताया सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट से उसे खत्म किया मैं उसका वेलकम करती हूं ये जेंडर न्यूट्ल नहीं था ये औरतों के अगेंस्ट था जिसमें औत्तों की कोई सेय नहीं थी लॉ में ये जो बराबरी का दर्जा दिया गया ये बहत पहले हो जाना चाहिए था आगे चल के मुझे लगता है हम और ऐसे लॉज जो फारवर्ड लुकिंग लॉज हैं उनको लेके आएंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रतिष्ठित पर्यावरण प्रस्कार यूएन चैम्पियन्स ऑफ अर्थ अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन ने घोषणा की है कि श्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रां को नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए उनके प्रयासों को देखते हुए यह पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है इस पुरस्कार के माव्यम से दो हजार बाईस तक भारत में एक बार में इस्तेमाल लायक प्लास्टिक का चलन समाप्त करने के श्री मोदी के अभूतपूर्व संकल्प को मान्यता दी गई है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री के पैतक आवास पर श्री शास्त्री और उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर बोलते हुए श्री योगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री शास्त्री का जीवन देश और समाज के लिए प्रेरणा का च्रोत है उन्होंने कहा कि श्री शास्त्री ने देश को गौरवशाली नेतृत्व दिया था इस अवसर पर श्री शास्त्री के पुत्र पूर्व सांसद सुनील शास्त्री प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मैजूद थे पूर्व प्रवानमंत्री के रामनगर स्थित आवास को संग्रहालय के रूप में तब्दील किया गया है जहां पर उनकी कई दुर्लभ वस्तुएं और तस्वीरें सजो कर रखी गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार तीस सितम्बर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिये देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क द्वारा प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डॉट ऑल इण्डिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी प्रसारण होगा निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और मतदान पृष्टि पर्ची वीवीपैट की आपूर्ति सुचार है और इसे लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है एक बयान में आयोग ने कहा है कि वह भविष्य में होने वाले आम चुनावों तथा लोकसभा और राज्य विद्यानसभाओं के उपचुनावों में सभी मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत वीवीपैट मशीनें लगाने के लिए प्रतिबद्ध है आयोग ने कहा कि दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपैट की आपूर्ति सुनिरिचत करने के लिए उसने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बंगलौर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को सत्रह लाख पैंतालिस हजार मशीनों का ऑर्डर दिया है निर्वाचन आयोग ने कहा कि अब तक नौ लाख पैंतालिस हजार वीवीपैट मशीनें तैयार हो चुकी हैं